केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के सदर अस्पताल में टीका लगवाया

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकज़्ट होकर लड़ रहा है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

पिछले महीने की छब्बीस तारीख को अदालत ने तेरह लोगों को दोषी करार दिया था अदालत ने कन्हैया पासी लालझरी देवी नगीना पासी राजेश पासी सनोज पासी संजय पासी इंदु देवी कैलाशो देवी लाल बाबू पासी रंजन चौधरी मुन्ना चौधरी रीता देवी और लाल धारी देवी को फांसी की सजा सुनायी है इनमें दो दोषी सनोज पासी और संजय पासी फरार हैं यह मामला पांच वर्ष पुराना है गौरतलब है कि अगस्त दो हजार सोलह में जहरीली शराब पीने से उन्नीस लोगों की मृत्यु हो गयी थी सरकार ने इस चर्चित घटना कांड के बाद इक्कीस प्रलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया था हालांकि बाद में सभी पूलिसकर्मियों की बर्खास्तगी न्यायालय ने समाप्त कर दी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज मुंबई की एक विशेष अदालत में सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित ड्रग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया इसमें तेंतीस आरोपियों और दो सौ गवाहों के बयान हैं आरोप पत्र की मूल प्रति में बारह हजार से अधिक प्रष्ठ हैं और डिजिटल प्रारूप में लगभग पचास हजार प्रष्ठ हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश में अब तक एक करोड अस्सी लाख पांच हजार पांच सौ लोगों को टीके लगाये जा चुके हैं मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव शून्य एक प्रतिशत हो गई है अब तक कोविड उन्नीस से एक करोड आठ लाख उनचालीस हजार आठ सौ चौरानवे रोगी ठीक हो चूके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार आठ सौ उन्नीस रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इस दौरान सोलह हजार आठ सौ अड़तीस नये मामले दर्ज हुए इसके साथ ही अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड ग्यारह लाख तिहत्तर हजार सात सौ इकसठ हो गई है देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख छिहत्तर हजार तीन सौ उन्नीस है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज महाराष्ट्र में पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में कोविड उन्नीस का टीका लगवाया टीका लगवाने के बाद एक ट्वीट में श्री जावडेकर ने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया आसान है और भारत में निर्मित टीके सुरक्षित हैं उन्होंने सभी नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की इधर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय के सदर अस्पताल में कोविड से बचाव के लिए कोरोना का टीका लिया समस्तीपुर जिले में तीसरे चरण में पांच लाख बारह हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका दिया जायेगा समस्तीपुर के सिविल सर्जन एसके गुप्ता ने कहा है कि कोविड महामारी का खतरा अभी टला नहीं है लोगों को कोविड से बचाव के हर उपाय करनी चाहिए

विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में श्री पांडेय ने कहा कि बहाली की प्रक्रिया चल रही है उन्होंने बताया कि एलोपैथी होमियोपैथी आयुर्वेद और यूनानी के कुल मिलाकर राज्य में लगभग एक लाख उन्नीस हजार डॉक्टर हैं

प्रोत्साहन के तौर पर प्रथम सूचना देने वाले आशा कार्यकर्ता एएनएम आंगनवाडी कार्यकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति को एक हजार रूपये दिये जायेंगे आशा द्वारा मातृ मृत्यु की सूचना देने के साथ ही उसकी रिपोर्टिंग किये जाने पर बारह सौ रूपये की राशि दी जायेगी इसकी सूचना सबसे पहले कॉल सेंटर नंबर एक शून्य चार पर कॉल करके देनी होगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र भेजे दिया है पश् और मत्स्य संसाधन मंत्री और पार्षद मुकेश सहनी के भाई के मामले को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ सदन में विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार और सरकारी कार्यक्रम का मजाक उड़ाया है विपक्षी सदस्यों के बढ़ते विरोध के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो आश्चर्यजनक है वह इस मामले को देखेंगे गौरतलब है कि मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी कल हाजीपुर में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए थे इस कार्यक्रम में मंत्री मुकेश सहनी को जाना था न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढ़ाका के बीच छब्बीस मार्च से यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू किया जायेगा कटिहार रेल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि छब्बीस मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रेल यात्री ट्रेन सेवा शुरू होगी उन्होंने बताया कि यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन मंगलवार और गुरुवार को चलेगी इस ट्रेन में आठ वातानुकूलित कोच होंगे

गौरतलब है कि इस रेलखंड पर फिलहाल मालगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है समस्तीपुर रेल मंडल में लॉकडाउन के कारण पिछले ग्यारह महीनों से निरस्त सवारी गाड़ियों का परिचालन आज फिर से शुरू हो गया वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चन्द्र ने बताया कि रेल मंत्रालय के आदेश पर मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर दस जोड़ी विशेष डेमू एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए समस्तीपूर सहरसा रक्सौल नरकटियागंज और सहरसा पूणिया समेत मंडल के अन्य रेल खंड पर रेल गाडियां चलाई जा रही है रेल मंत्रालय ने प्लेटफार्म टिकट की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है मंत्रालय ने कहा है कि यह एक अस्थाई व्यवस्था है और स्टेशनों में अनावश्यक भीड़ को कम करने तथा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है मंत्रालय के अनुसार स्थितियों को देखते हुए समय समय पर प्लेटफार्म टिकटों की कीमतें पहले भी बढ़ाई जाती रही हैं ऐसा कई वर्षों से होता आ रहा है मूजफ्फरपूर जंक्शन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग के कारण उन्नीस मार्च तक छत्तीस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें पटना दरभंगा रक्सौल पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र नरकटियागंज स्पेशल ट्रेन प्रमुख हैं उन्होंने बताया कि चार ट्रेनों का दूसरे स्टेशनों पर आंशिक रूप से समापन और आरंभ होगा मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है इसके चलते गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है मौसम वैज्ञानिक एस के मंडल ने बताया कि आने वाले दिनों में गर्मी में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा

वहीं भागलपुर का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव पांच और बक्सर का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रहा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया सहित सभी छह अन्य पदों के लिए चुनाव चिन्ह की सूची जारी कर दी है कुल एक सौ उनतीस चिन्ह निर्धारित किये गये हैं मुखिया पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए मोती का माला ढोलक कलम और दावात कैमरा तथा बाल्टी समेत छत्तीस चुनाव चिन्ह आवंटित किये गये हैं वहीं सरपंच पद के लिए इक्कीस जिला परिषद सदस्य के लिए बीस पंचायत सदस्य के लिए बीस तथा पंचायत समिति सदस्य और पंच पद के लिए दस दस चुनाव चिन्ह निर्धारित किये गये हैं आयोग के अनुसार बारह चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गये हैं राज्य सरकार सड़क दूर्घटना में एक व्यक्ति की भी मौत होने पर उसके परिजनों को अनुग्रह अनुदान देने पर विचार करेगी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पवन कुमार जायसवाल के अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री रेणू देवी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के प्रभावित होने पर अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान नहीं है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति को चार लाख और घायलों को क्षति के अनुरूप अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन रावत ने आज कहा कि महादलित सफाई कामगार समुदाय के लिए पटना में बहुमंजिला आवास बनाया जायेगा श्री रावत ने आज राजधानी पटना के यारपुर अम्बेडकर कॉलोनी का दौरा किया उन्होंने पटना नगर निगम प्रशासन को सफाई कर्मियों के इलाके में हर प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने को कहा राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जायेगा विधान परिषद में मंत्री आलोक रंजन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्टेडियम के नये डिजाइन को स्वीकृति मिल चुकी है जल्द स्टेडियम बनकर तैयार हो जायेगा जमुई जिले के चकाई थाना के बरमुरिया पंचायत के तेलंगा जंगल में छापेमारी के दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गये एक शक्तिशाली विस्फोटक को पुलिस ने बरामद किया है मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोबरसही के पास माईक्रो फाईनांस के शाख से अज्ञात अपराधी आज दिन दहाड़े एक लाख पच्चीस हजार रूपये लूटकर फरार हो गया औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में बेखौफ अपराधियों ने जमीन विवाद को लेकर एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या के बाद से गांव में तनाव व्याप्त है पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है सीवान जिले में बच्चों से भरी स्कूली वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट जाने के कारण कई बच्चे घायल हो गये बाद में वाहन के नीचे दबे हुए सत्रह बच्चों को सुरक्षित निकाला गया इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है

केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के सदर अस्पताल में टीका लगवाया